केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि गेंह का समर्थन मूल्य पचयासी रुपए प्रति क्विंटल से बढाकर एक हजार नौ सौ पच्चीस रुपए कर दिया गया है इसी तरह चने और सरसों तेल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो सौ पचपन रुपए जौ के मूल्य में पचयासी और सूरजमुखी के समर्थन मूल्य में दो सौ सत्तर रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है वहीं केन्द्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर संचार निगम लिभिटेड एमटीएनएल के विलय की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि इन कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा और ने ही इनका विनिवेश होगा उन्होंने कहा कि कंपनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में एयरफोर्स के एयरबेस कैंप की स्थापना की लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया इस दौरान राजनाथ सिंह ने एयरबेस से संबंधित लंबित प्रकरणों को जल्द हल कर प्रक्रिया आगे बढाने का आश्वासन दिया है गौरतलब है कि नया रायपुर में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस की स्थापना प्रस्तावित है इसके लिए भूमि आवंटन और भू अर्जन को लेकर प्रक्रिया काफी समय से लंबित है इसके अलावा श्री बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी उनके निवास में मुलाकात की मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में लिए गए फैसलों और कार्यों की जानकारी दी साथ ही रायपुर में आगामी दिनों में होने वाली इंडियन इकोनॉमिक कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया ै इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने की बात कही

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भपेश बंघेल के अनुरोध पर यह घोषणा की इसके अलावा श्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन और स्वीकृत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ पूरा कराने का आश्वासन भी दिया श्री गडकरी ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर राजमार्गो का परीक्षण कराया जाएगा इसके लिए अधिकारियों की टीम स्थल का दौरा कर जांच करेगी उन्होंने लंबित निर्माण कार्यो को जल्द शुरू कराए जाने की बात भी कही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रायपुर धमतरी फोरलेन सड़क का कार्य जल्द शुरू करने का अनुरोध भी किया मुख्यमत्री निर्मला सीतारमन मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के तैंतीस स्थानों पर बैंक की शाखाए और एटीएम जल्द ही शरू करने का अनुरोध किया है आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सौजन्य मुलाकात के दौरान श्री बधेल ने बताया कि माओवाद प्रभावित एक सौ पचास स्थानों में से केवल एक सौ सत्रह स्थानों पर ही बैंक और एटीएम की सुविघाएं हैं केंद्रीय वित्त मंत्री ने श्री बधेल की मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है श्री बर्घेल ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में की गई कमी की भरपाई करने का भी आग्रह किया इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय विक्रय कर कानून के अंतर्गत डीजल पेट्रोल को राज्य के बाहर से सी फॉर्म पर खरीदे जाने की सुविधा समाप्त किए जाने की भी मांग रखी उन्होंने कहा कि इससे राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी क्षति हो रही है

इस दिन दीपावली का त्यौहार भी है इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह अंठावनवां संस्करण है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई जीओवी ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं इसके अलावा एक नौ दो दो पर भी मिस्ड कॉल भी किया जा सकता है और आमजन एसएमएस लिंक प्राप्त करने के बाद सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं रिकॉर्ड हुए कुछ संदेश इस प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं

इस संबंध में राज्य शासन द्वारा लोक सेवा पदोन्नति नियम में संशोधन की अधिसूचना और पदोन्नति में आरक्षण के लिए मॉडल रोस्टर जारी कर दिया है इससे सरकारी सेवकों की इस साल फरवरी माह से रूकी हई पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को तेरह प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बत्तीस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा संशोधित पदोन्नति नियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा वहीं प्रथम द्वितीय तृतीय और चतृर्थ श्रेणी के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मॉडल रोस्टर भी जारी कर दिया गया है यह मॉडल रोस्टर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन कार्यालय के लिए भी लागू होगा चित्रकोट उप चुनाव मतगणना चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव की मतगणना कल होगी निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

राज्योत्सव सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के शुभारंम समारोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल होंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में श्रीमती गांधी से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की और उन्हें राज्योत्सव समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बार राज्योत्सव का आयोजन एक से तीन नवम्बर तक रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में किया जाएगा मौसम प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश के हालात बने हुए हैं आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर खंड वर्षा हई मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों के दौरान प्रदेश में बालोद धमतरी कोंडागांव कांकेर रायगढ़ और महासमुंद जिले में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है वहीं अन्य जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम का शुभारंभ किया इसके माध्यम से दिल्लीवासियों को छत्तीसगढ़ के हैंडलूम उत्पाद अब आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे इस एम्पोरियम में छत्तीसगढ़ के कुशल कारीगरों की कला कृतियों कोसा सिल्क साड़ी मैनपाट में बसे तिब्बतियों के बनाए कालीन ऊनी कपड़े इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं संक्षिप्त समाचार प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कल चौबीस अक्टूबर को विघानसभा चुनाव नतीजों को लेकर टीवी पर होने वाली बहस में पार्टी के कोई भी प्रवक्ता या प्रतिनिधि भाग नहीं लेंगे देश में कथित मंदी के हालात को लेकर कल चौबीस अक्टूबर को कांग्रेस द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई नगर निगम के बीच करीब पांच सौ करोड़ रूपये के संपत्ति कर विवाद के मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई उन्नीस नवंबर को होगी दुर्ग जिले के रिसाली स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ मुख्यालय में आज शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया